राजधानी रांची में अब तीन की जगह और चार केन्द्रों पर दिया जायेगा कोरोना का टीका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

मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया है जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कोरोना महामारी के कारण अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा अलग होगा कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परेड का आयोजन किया गया है परेड स्थल की दूरी भी कम कर दी गई है यह परेड हर साल की तरह विजय चौक से शुरू होगी लेकिन लालकिले की बजाए यह इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में सम्पन्न होगी

राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लम्बित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनतकश किसानों ने जिस तरह देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया उसी तरह कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवानों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा बीमारियों से बचाव तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में झंडोत्तोलन करेंगे कोरोना को लेकर इस बार समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है कार्यकम के दौरान जवानों के नौ प्लाटून परेड में शामिल होंगे वहीं तीन बैंड पार्टी देशभक्ति गीतों पर धुन बजायेगी झंडोत्तोलन के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वन पर्यावरण विभाग ग्रामीण विकास विभाग गृह विभाग शिक्षा विभाग कृषि विभाग आईपीआरडी पर्यटन विभाग परिवहन विभाग स्वास्थ्य विभाग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा झांकियो का प्रदर्शन किया जायेगा

सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस गांव की रहने वाली छुटनी देवी को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है

उसने अंधविश्वास और इस कृप्रथा के खिलाफ निरंतर अभियान चलाते हुए अपने जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया और आज भी सामाजिक सेवा से जुड़कर अपने इस जंग को जारी रखा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए छुटनी महतो ने कहा है कि पद्मश्री मिलना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है इससे उन्हें आगे काम करने के लिए काफी प्रोत्साहन और शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि वह प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा कार्य करती रहेंगी लोहरदगा जिले के एएसआई बनुआ उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है

इसमें बनुआ उरांव खुद को गोली लगने के बावजूद अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हो गये थे रांची जिले में कोरोना टीका केन्द्र की संख्या बढ़ायी जायेगी पूर्व में टीका लगाने का काम तीन केन्द्रों रिम्स सदर अस्पताल और नामकुम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जा रहा था अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने चार नये टीकाकरण केन्द्र चिन्हित किये हैं इसमें सीसीएल अस्पताल रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनगड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को शामिल किया गया है सीसीएल अस्पताल में कल से टीकाकरण का काम शुरू किया जायेगा

वहीं रांची जिले में टीकाकरण का इकानवें फीसदी लक्ष्य पूरा हुआ है

पलामू टाइगर रिजर्व के तीन बाघ को ट्रेस किया जा रहा है

प्रभात खबर ने सरायकेला की छूटनी महतो को पद्मश्री और लोहरदगा के शहीद बनुआ उरावं को राष्ट्रपति वीरता पदक शीर्षक को प्रमुखता से छापा है

दैनिक भास्कर की सुर्खी में है सिक्कम में घुसपैठ नाकाम गलवान में चीनी हिमाकत रोकने की तैयारी